वहीं सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होगा आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बजट सत्र को दो चरणों में बुलाने की सिफारिश की है

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और उद्यमियों से चर्चा कर रहे हैं बैठक में देश की अर्थ व्यवस्था और विकास दर पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार केन्द्रीय मंत्री अमित शाह नितिन गड़करी पीयूष गोयल और नरेन्द्र सिंह तोमर भी शामिल हैं भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर भाजपा से जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके पद से हटाने का आरोप लगाया है विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आज भोपाल में कहा कि राज्य सरकार स्थानीय चुनाव में हार के भय से जनप्रतिनिधियों को दोबारा च्नाव लड़ने से वंचित करने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि ऐसे मुददों को लेकर भारतीय जनता पार्टी शांत रहने वाली नहीं है गौरतलब है कि हाल ही में चार नगरीय निकाय के अध्यक्षों को कर्तव्य पालन में अक्षमता और अनियमितता के आरोप में पदों से हटा दिया गया है

इसी कम में टीकमगढ़ जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

खेलो इंडिया गुवाहाटी में खेलो इंडिया स्पर्धा के तहत आज कबड्डी और जिम्नास्टिक के मुकाबले शुरू हुए खेलों इंडिया के इस तीसरे आयोजन का कल शाम विधिवत उद्घाटन किया जायेगा खेलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि इसमें छह हजार पांच सौ एथलीट भाग ले रहे हैं उधर असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने लोगों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है मौसम प्रदेश में कल अनेक जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने और ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई राजधानी भोपाल के कुछ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी हुई सर्द हवाओं के कारण दिन के तापमान में पांच डिग्री तक की कमी आई श्योपुर जिले में तेज ठंड के चलते जिले में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पड़ोसी राज्य राजस्थान के सवाई माधवपुर और अन्य जिलों में हुई बारिश को इसका कारण बताया जा रहा है मौसम केन्द्र के अनुसार आज प्रदेश के रीवा शहडोल जबलपुर होशंगाबाद भोपाल ग्वालियर सागर और इंदौर संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है छापा कार्यवाही आयकर विभाग की एक टीम ने आज गुना जिले में एक शराब कारोबारी के कई ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई कि इस व्यवसायी के अलावा अशोकनगर और उज्जैन में भी कुछ व्यवसाइयों के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की गई है इस कार्यवाही में भोपाल इंदौर और सागर की आयकर विभाग के संयुक्त दलों ने कार्यवाही की